उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण और मनुष्य के लिए वरदान है राज्यपाल आज सोलन के नौणी स्थित डॉ वाएएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में वैश्विक विकास की दशा में कृषि पर्यावरण और व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रगति विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने इस मौके पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेत में एक ही समय में बहुद्देशीय आय संसाधन अपनाने पर जोर दिया ताकि किसी एक फसल के खराब होने के खतरे से भी बचा जा सके

निरीक्षण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के संजौली के समीप निर्माणाधीन हैलीपोर्ट और चौड़ा मैदान में निर्माणाधीन परिधिगृह के निर्माण कार्य का जायजा लिया उन्होंने इस मौके पर इन दोनों ही कार्यो को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि संजौली स्थित हैलीपोर्ट के तैयार हो जाने से उड़ान योजना के तहत हैलीकॉप्टर सेवाएं सुदृढ़ हो सकेंगी

उन्होंने चौड़ा मैदान में निर्माणाधीन परिधि गृह को अक्तूबर महीने तक पूरा करने के भी निर्देश दिए ताकि सर्दियों के सीजन से पहले इसे राज्य अतिथियों और पर्यटकों के लिए खोला जा सके

मुख्यमंत्री को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यो के उद्घाटन और शिलान्यास करने थे लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हैलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका भरमौर के एसडीएम पृथी पाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के भरमौर दौरे की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी बीते रोज भी मुख्यमंत्री को चम्बा जिले के ही भटियात विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना था लेकिन कल भी खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया था

इस कार्य के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है मुख्य सचिव आज शिमला में इस अभियान के संदर्भ में विभिन्न विभागों और अन्य संगठनों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बाल्दी ने कहा कि सरकार प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने सभी विभागों के प्रतिनिधियों को इस अभियान के लिए समय पर तैयारी करने के निर्देश दिए एचपीसीए अरुण सिंह धूमल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं एसोसिएशन की आज धर्मशाला में हई वार्षिक आम सभा में अरुण धूमल को सर्वसम्मति से प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव प्रभारी मनीषा नंदा ने उनकी नियुक्ति का प्रमाण पत्र जारी किया

इससे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर लगभग डेढ दशक तक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे आज हुए चुनाव में आरपी सिंह को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष सुमीत शर्मा को सचिव और अभिनीश परमार को कोषाध्यक्ष चुना गया प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम साढ़े सात बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे इस संबोधन का आकाशवाणी के विभिन्न नेटवर्क से सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे देखते हुए आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज शाम सात बजकर पैंतालीस मिनट के स्थान पर सात बजकर पंद्रह मिनट पर प्रसारित होगा मौसम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय ताजा पश्चिमी विक्षोम के चलते आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर व्यापक से भारी वर्षा हुई इस कारण कई स्थानों पर जगजीवन भी प्रभावित हुआ और तापमान में भी जोरदार गिरावट आई है

अन्य स्थानों पर भी व्यापक वर्षा हुई है भारी वर्षा के चलते भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग रजेरा के पास भूस्खलन के कारण कई घंटे बंद रहा उधर ऊना के टाहलीवाल में आसमानी बिजली गिरने से पांच ट्रांसफार्मर जल गए खराब मौसम के कारण आज दिल्ली भुंतर चंडीगढ़ के बीच एयर इंडिया की उड़ान भी नहीं हो पाई भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण राज्य के निचले इलाके में मक्की की फसल को भी व्यापक नुक्सान हुआ है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

नमस्कार